भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई का आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अन्तिम संस्कार कर दिया गया पुत्री नमिता ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई केन्द्रीय मंत्री प्रदेशों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री और राजनेता मौजूद रहे अन्तिम संस्कार मे कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को आज सुबह नौ बजे उनके आवास से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय पर लाया गया जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उनके अन्तिम दर्शन किये राष्ट्रीय स्मृति स्थल के लिये उनकी अन्तिम यात्रा दोपहर बाद सवा दो बजे शुरू हुयी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री और बड़ी संख्या में राजनेता अन्तिम यात्रा में पैदल ही शामिल हुये श्री वाजपेई का कल शाम पांच बजे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया था

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्टपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा के दिग्गज नता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री वाजपेयी को यह कहकर एक सच्चा भारतीय बताया है कि उनके नेतृत्व दूरदर्शिता परिपक्वता और वाकपटुता की विशिष्ट शैली ने उन्हें असाधारण बना दिया

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत हो मिलनसार और सर्वप्रिय प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी के निधन से देश ने एक बहुमूल्य रत्न खो दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दूरदर्शन पर संबोधन में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचार आदर्श और शब्द हमेशा लोगों के साथ रहेंगे और उन्हें प्रेरित करते रहेंगे उन्होंने कहा कि अटल जी के निधन से भारत ने अपना अनमोल रत्न खो दिया है श्री मोदी ने कहा कि अटल जी के निधन से एक युग का अंत हो गया है और शून्य की स्थिति पैदा हो गई है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने नेतृत्व और संघर्ष के जरिए अटल जी ने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाया और इन्हें देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया

अटल जी ने अपने कुशल नेतृत्व और अभिरत संघर्ष के द्वारा जनसंघ से लेकर के भाजपा तक इन संगठनों को मजबूती के साथ खड़ा किया उन्होंने भाजपा के विचारों और नीतियों को देश में जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया उन्हीं के द्रढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम का परिणाम है कि आज भाजपा की यात्रा यहां तक पहुंची है अटल जी भले ही हमें छोड़कर चिरनिद्रा में लीन हो गये हो लेकिन उनकी वाणी उनका जीवन उनकी सादगी उनके विचार उनका दर्शन हम समस्त भारतवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने श्री वाजपेयी को सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि एक असाधारण व्यक्ति के रूप में विपक्ष पर उनका वर्चस्व रहा तथा उन्होंने संयम और आत्मविश्वास के साथ सरकार का नेतृत्व किया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वाजपेयी एक प्रखर वक्ता प्रभावशाली कवि असाधारण जनसेवक उत्कृष्ट सांसद और महान प्रधानमंत्री थे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि राष्ट्र ने एक महान नेता खो दिया है कोई यह नहीं कहेगा कोई उनके लिए ऐसा कोई भाव मन में नहीं आयेगा ऐसा यह नेता जिसन हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक प्रकार के मार्गदर्शन किया और उनका जो समझाने का तरीका हमेशा वह कहते थे कि टिकट नहीं मिला नहीं मिले कोई पद नहीं मिला नहीं मिले और इतने सहजता से समझाते थे कि अरे अपना कार्यकर्ता का पद तो कोई छिनने नहीं सकता भाजपा के वयोवृद्ध नेता और दिवंगत प्रधानमंत्री के घनिष्ठ सहयोगी रहे लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि अटलजी को केन्द्र में पहली गैर कांग्रेसी स्थायी गठबंधन सरकार के अग्रदूत के रूप में हमेशा याद किया जाएगा भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि श्री वाजपेयी का निधन उनकी निजी क्षति है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत ने एक महान सपूत खो दिया है जिन्हें लाखों लोगों का प्यार और सम्मान प्राप्त था

श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि वाजपेयी जी के गर्मजोशी से भरे व्यक्तित्व और दोस्ताना स्वभाव ने सभी राजनीतिक दलों और जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक आर मित्र बना दिए सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि वाजपेयी जी एक साहसिक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण को संभव कर दिखाया वे उच्च सिद्धांतों वाले राजनेता और प्रेरणा भर देने वाले कवि थे लोग उन्हें दलगत राजनीति स अलग हटकर सम्मान देते थे

विश्व के विभिन्न देशों ब्रिटेन रूस जापान बंगलादेश श्रीलंका और नेपाल ने भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक प्रकट किया है अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री वाजपेयी के मार्ग दर्शन से भारत अमरीका संबंधों को प्रगाढ बनाने में मदद मिली पाकिस्तान सरकार ने श्री वाजपेयी का श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा है कि उनके योगदान से दोनों देशों के बीच संबंधों में बदलाव आया

भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त डोमिनिक एस्क्विथ ने कहा कि ब्रिटेन पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से स्तब्ध है उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी को एक असाधारण व्यक्ति के रूप में ब्रिटेन में बहुत सम्मान प्राप्त था बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि श्री वाजपेयी भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध सपूतों में से एक थे श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने एक संदेश में कहा कि वाजपेयी जी श्रीलंका के सच्चे मित्र थे और उन्होंने श्रीलंका की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लोकप्रिय नेता के सम्मान में सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है

विदेशों में सभी भारतीय दूतावासों पर भी आज राष्ट्र ध्वज झुका रहेगा केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में आज आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया था

हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने राज्य में सात दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है बाइट राजकीय शोक के एलान के साथ ही प्रदेश में आज सभी स्कूल कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को राज्य की सभी प्रमुख नदियों में प्रवाहित किया जायेगा जिसमें गंगा यमुना सरयू गोमती घाघरा राप्ती गंडक वरूणा क्वानो हिंडन बेतवा काली रामगंगा शारदा सई समेत अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं इसके साथ ही सरकार ने अटल जी की स्मृतियों को स्थायी रूप देने के लिए विशिष्ट कार्यो को शुरू कराने का एलान किया है ये कार्य अटल जी के पैतृक गांव बटेश्वर में कानपुर शहर में जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की बलरामपुर जहां से वह पहली बार सांसद बने और उनकी कर्मभूमि लखनऊ में कराये जायेंगे सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ